वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में प्रदेश का अब तक सबसे ज्यादा पांच लाख बारह हजार आठ सौ साठ करोड़ रूपये से अधिक का बजट पेश किया था बजट में पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे के निर्माण के द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया है इसके अंतर्गत गोरखप्र लिंक एक्सप्रेस वे के लिये दो सौ करोड़ रूपये और बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिये भी इतनी ही धनराशि आवंटित की गई है पूर्वांचल विकास निधि के लिये तीन सौ करोड़ रूपये और बुंदेलखंड विकास निधि के लिये दो सौ दस करोड़ रूपये का प्राव्यान किया गया बजट में गोरखप्र लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए दो सौ करोड़ रूपये गोरखपुर भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चालीस करोड़ रूपये और रामगढ़ ताल के लिए पच्चीस करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया बजट में अयोध्या के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया यहां हवाई अड्डे के निर्माण के लिये पांच सौ करोड़ रूपये और पर्यटन विकास के लिए पन्चानवे करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ सांस्कृतिक केंद्र के लिए चार सौ करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान भी बजट में किया गया बजट में गोरखपुर वाराणसी और अन्य शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए दो सौ करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गयी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश को पचास खरब डॉलर और प्रदेश को दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी उन्होंने बजट को समाज के हर वर्ग के विकास का बजट बताते हए कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट है जिसका आकार पहली बार पांच लाख करोड़ रूपये को पार कर गया है मुख्यमंत्री ने बजट को प्रदेश के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने वाला बताया उन्होंने कहा कि बजट में किए गए उपायों से उत्तर प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने का सपना साकार होगा श्री योगी ने ट्वीट किया कि यह बजट उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश में सांस्कृतिक और पर्यटन का केंद्र बनाने वाला सावित होगा उधर प्रदेश के विभिन्न वर्गो ने प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को राज्य के विकास को गति देने वाला बजट बताया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगले सप्ताह प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान आगरा आगमन से पूर्व तैयारियां तेज हो गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए श्री योगी ने आगरा हवाई अड्डे से ताजमहल तक स्थलीय निरीक्षण कर स्वागत तथा सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया आज देशभर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है फ्र्वानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नीस फरवरी दो हजार पन्द्रह में आज ही दिन राजस्थान के हनुमानगढ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था इस योजना के पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके तहत दो चरणों में बाईस करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक दो वर्ष में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी दूर करने के उपाय किये जा सकें

गोष्ठी में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के फायदे बताकर उन्हें अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया गोष्ठी में मिट्टी की जांच करा चुके किसानों ने लोगों से अपने अनुभव साझा किए कई किसानों ने मिट्टी की जांच के बाद उपज में हुई बढ़ोत्तरी के अपने अनुमव भी साथी किसानों को बताये गोष्ठी में किसानों को खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों के कम से कम प्रयोग और जैविक खादों के अधिकाधिक प्रयोग के लिए भी प्रेरित किया गया प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने को स्वीकृति दे दी है अब यह शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बड़हलगंज गोरखपुर के नाम से जाना जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुये नरहरपुर एस्टेट के राजा हरि प्रसाद मल्ल को श्रद्वाजलि बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे श्री योगी कल सुबह दस बजे से ग्यारह बजे तक सहजनवा के ग्राम बसिया में नवनिर्मित सुक्वियाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री का कल दोपहर मानसरोवर मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है इसके बाद श्री योगी शाम चार बजे गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को भी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे